श्री मोदी ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लडाई में कठोरता और ज्यादा बढाई जायेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाईडलाईन जारी की जायेगी श्री मोदी ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि हम लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे है देश के लोगों की तरफ से सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन बाबा साहेब को सच्ची श्रद्वाजंलि है प्रधानमंत्री ने देश में इन दिनों मनाये जा रहे और मनाये जाने वाले विभिन्न त्यौहारों का जिक करते हुए कहा कि देशवासी सोशल डिस्टेसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए त्यौहार मना रहे है ये सराहनीय प्रयास है प्रधानमंत्री ने भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह किया कि वे विश्व और मानव कल्याण के लिए आगे आयें और कोरोना की वैक्सीन बनाने का बीडा उठाये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों का साथ मांगते हुए सात बातें कही उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घर के बुजुर्गो का विशेष ध्यान रखें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेसिंग का पूरी तरह पालन करें फेसकवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें अपनी इम्यूनिटी बढाने के लिए आयूष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें आरोग्य सेतू मोबाईल एप खुद और दूसरे लोगों को डाउनलोड करवाने के लिए प्रेरित करें गरीब परिवारों की देखरेख कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवावें

कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर आज श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है यह दिन राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है